इसी तरह नकदी समायोजन सुविधा एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर साढे पांच प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी एमएसएफ और बैंक दर छह प्रतिशत कर दी गई है बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति के इन फैसलों का उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में चार प्रतिशत वृद्धि को दो प्रतिशत अधिक या कम रखने का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है जो देश के हर नागरिक को प्रेरित करता रहेगा इस अवसर पर राजपूत कल्याण सभा द्वारा कांगड़ा जिले में शक्तिपीठ चामुंडा के निकट धर्मगिरी में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया उन्होंने महाराणा प्रताप जैसे महाप्रुषों के जीवन संघर्ष और समाज कल्याण में उनके योगदान को याद रखने पर बल दिया उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सच्चे देशभक्त व योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासन के विरूद्व आजीवन लोहा लिया मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान मंत्रिमंडल विस्तार की बजाय प्रदेश के विकास पर है जयराम ठाकुर ने कहा कि वे प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ये इन्वेस्टर मीट राज्य के विकास में एक मील पत्थर साबित होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब तीन महीने की चुनाव आचार संहिता से विकास कार्य कुछ रूक से गए थे और अब इनकी गति तेज की जा रही है गोविंद ठाक्र वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों की समस्याओं के समाधान को सरकार की प्राथमिकता बताया है कुल्लू जिले के मनाली में आज जन सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान करना सरकार के लिए सर्वोपरि है और छोटी छोटी समस्याओं को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए ताकि उनके समय व धन की बचत हो सके ग्रीष्मोत्सव शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर चल रहे अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आज अंतिम दिन है ग्रीष्मोत्सव के अंतिम दिन आज शिमला में खूब चहल पहल रही और विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने समृद्ध संस्कृति की झलक पेश की इसके अलावा हैरिटेज वॉक यूथ रॉक बैंड प्रतियोगिता और कठपुतली प्रदर्शन भी आकर्षण का केन्द्र रहे अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज रात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि होंगे हिमाचली कलाकार गीता भारद्वाज हेमंत शर्मा और पार्श्व गायक फरहान साबरी व मध्श्री भट्टाचार्य अपनी प्रस्तुतियां देंगे कांग्रेस प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह चौहान ने कांगड़ा जिले के सुलह क्षेत्र की दीवान चंद कूहल में राज्य सरकार से पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है ताकि क्षेत्र के हजारों किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के चलते ये कहल सुख गई है व किसानों को पशुओं को पिलाने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए